सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस बार ये कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्दाओं अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन परियोजनाओं के कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज शिमला में प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्यजनिक निजी सहभागिता से शिमला जिले के चांशल में एक महत्वकांक्षी पर्यटन परियोजना को लेने जा रही है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी प्रमुख हैलीपोर्ट परियोजना का कार्य निश्चित समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को इनका लाभ जल्द मिल सके राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन एक एक शून्य शून्य शुरू की है और लोगों को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से अधिकांश लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग के क्षेत्रीय अस्पताल में वॉल हीटर पैनल का आज शुभारम्भ किया

इससे अस्पताल में मरीजों को सर्दियों में कड़ाके की ठण्ड से राहत मिलेगी मारकंडा ने कहा कि इस पॉयलेट प्रोजैक्ट के तहत जिले के सभी कार्यालयों को भी जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि होमस्टे व होटलों में ऐसी ही सुविधा दी जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि ये टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ घोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें